केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने इसी हफ्ते इस विधेयक को संसद में पेश करने की मंजूरी दी थी संसद में इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद इसी वर्ष मार्च में उच्चतम न्यायालय का वह फैसला बेअसर हो जाएगा जिसमें न्यायालय ने आदेश दिया था कि अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम के अन्तयर्गत किसी भी आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी नहीं की जा सकती न्यायालय का मानना था कि गिरफ्तारी से पहले पुलिस या जांच एजेंसी द्वारा प्रारंभिक जांच की जानी चाहिए ई मार्ग सॉफ्टवेयर केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की संयुक्त सचिव अलका उपाध्याय ने कहा कि मध्यप्रदेश में विकसित किए गये ई मार्ग सॉफ्टवेयर से पूरे देश में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़कों की मॉनीटरिंग की जाएगी श्रीमती उपाध्याय ने यह बात आज भोपाल में रोड मेन्टीनेन्स पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में कहीं

उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में ग्रामीण सड़कों के क्षेत्र में देश में सर्वोत्तम काम किया गया है इसका मुख्य कारण प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण का मॉनीटरिंग सिस्टम है

श्री चौहान ने आज ऐसे मामलों से जुड़े पुलिस अधिकारियों को मुख्यमंत्री निवास में आयोजित एक कार्यकम में सम्मानित किया इनमें डीआईजी पुलिस अधीक्षक फोरेंसिक साईंस लैब के अधिकारी पुलिस कांस्टेबल और अभियोजन अधिकारी शामिल हैं उन्होंने कहा कि संवेदनशील श्रेणी के अपराधों की विवेचना को और ज्यादा प्रभावी बनाया जायेगा ताकि मानवता को कलंकित करने वाले दरिंदे बच नहीं पायें विवेचना से जुड़े पूलिस अमले को और ज्यादा सुविधाएं देने पर भी विचार किया जायेगा उन्होंने कहा कि उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों और अभियोजन से भी ऐसे मामलों की सुनवाई के लिये फास्ट ट्रैक कोर्ट शुरू करने का अनुरोध किया गया है

सागर को स्मार्ट सिटी बनाने से आम लोगो के जीवन में क्या फर्क आएगा इसको जानने के लिए हमने कुछ लोगों से बात की

भोपाल में आज से बिना हेलमेट दो पहिया वाहन चलाने वालों के खिलाफ स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के एकिकृत यातायात प्रबंधन प्रणाली से ई चालान भेजना शुरू कर दिया है

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीहोर जिले के बुधनी में आयोजित हितग्राही सम्मेलन में शामिल होंगे वहीं जिला स्तरीय हितग्राही सम्मेलन में विधानसभा अध्यक्ष और मंत्र परिषद के सदस्य शामिल होंगे

कटनी खंडवा गुना जबलपुर डिण्डौरी टीकमगढ जिलों में कल के आयोजन की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं निर्वाचन आयुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत कल ग्वालियर में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे वहीं पांच अगस्त को स्थानीय लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फिजिकल एज्यूकेशन में आयोजित सेमीनार में भाग लेंगे ट्रैक्टर लाइसेंस प्रदेश में बिना लायसेंस ट्रेक्टर चलाने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी जिन जिलों में ट्रेक्टर चालकों की लापरवाही से वाहन दुर्घटनाएँ अधिक हुई हैं और चालकों के पास लायसेंस नहीं हैं ऐसे जिलों को चिन्हित कर बिना लायसेंस ट्रेक्टर चलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी

सड़क सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट की एक समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं से हो रही मृत्यु के संबंध में विचार विमर्श कर कार्य योजना तैयार करने पर चर्चा हुई मौत छिंदवाड़ा जिले के हरई नगर के पास आज एक ट्रक ने दूसरे ट्रक को टक्कर मार दी जिससे वह एक ढाबे में घूस गया और इससे वहां मौजूद छह लोगों की मौत हो गयी इस हादसे में घायल दो लोगों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया पुलिस सूत्रों के अनुसार छिंदवाड़ा नरसिंहपुर मार्ग पर सलैया ढाबे पर यह हादसा हुआ दुर्घटना के कारण मार्ग पर कुछ देर के लिए जाम की स्थिति बन गयी पुलिस को स्थिति सम्भालने के लिये काफी मशक्कत करनी पड़ी

श्री गेहलोत यहां विभिन्न कार्यकमों में शामिल होंगे

इस योजना में ऐसे लोगों का पंजीयन नहीं किया जायेगा जिनके पति या पिता शासकीय सेवा में हों

आज विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया

खनिज मंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने विद्युत संप्रेषण का शुभारम्भ किया